प्रधानमंत्री ने अरब समाचार को दिये साक्षात्कार में कहा पश्चिमी एशिया के संघर्षो के समाधान के लिये सम्प्रभुता और एक दूसरे के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्वांतों के आधार पर बातचीत ज़रूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने पर दिया जोर न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबड़े होंगे भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश भारत और सऊदी अरब ने कार्यनीतिक भागीदारी परिषद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है दोनों देशों ने आतंकरोधी कार्यवाहियों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है और आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रो में बारह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये कार्यनीतिक भागीदारी परिषद समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कल रात रियाद में हस्ताक्षर किए ये परिषद दोनों देशों के बीच सम्बंधों के सभी पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए ट्विपक्षीय तौर तरीके तय करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच शिष्ट मण्डल स्तर की बातचीत पूरी होने के तत्काल बाद समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों ने उग्रवाद और आतंकवाद की सार्क्नौम समस्या को किसी खास जाति धर्म या संस्कृति से जोड़ने के किसी प्रयास को अनुचित बताया दोनों देशों ने समी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों की निन्दा की और अन्य देशों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियारों का प्रयोग आतंकवादी कार्यवाहियों के लिए किए जाने की रोकथाम की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री श्री मोदी की यात्रा के अन्त में जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि भारत और सऊदी अरब ने आतंकवादी कार्यवाहियों से निपटने में सहयोग मजबूत बनाने सूचना का आदान प्रदान करने क्षमता निर्माण और सीमा पार अपराधों से निपटने में सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है दोनों देशों ने स्पष्ट तौर पर यह बात दोहराई है कि ये किसी देश के आन्तरिक मामलों में सभी प्रकार के हस्तक्षेप को नामंजूर करते हैं उन्होने अंतराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो प्रभूसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों पर हमले के रोकथाम के अपने दायित्वों का निर्वहन करें दोनों देशों ने फिलीस्तीन क्षेत्र में न्यायपूर्ण व्यापक और स्थाई शांति हासिल करने की उम्मीद जाहिर की उन्होने उन्नीस सौ सड़सठ की सीमाओं और येरूशलम राजधानी के साथ स्वतंत्र फिलीस्तीन राष्ट्र की स्थापना की आशा व्यक्त की दोनों देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सहित आपसी हितों पर असर डालने वाले जलमार्गो की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने वाले उपायों को बढ़ावा देने में ट्विपक्षीय समझौतों के महत्व को स्वीकार किया जिन क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए उनमें रक्षा नवीकरणीय ऊर्जा अवैघ व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने तथा नागर विमानन जैसे क्षेत्र शामिल थे सऊदी अरब से नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने शीर्ष नेताओं के साथ अपनी बातचीत को लाभप्रद बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों से अपील की है कि भारत में स्टार्ट अप लिए अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं रियाद में फ़यूचर इन्वेस्टमेन्ट इनिशिएटिव फोरम को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने अगले पांच वर्षो में भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यक्था बनाने का संकल्प दोहराया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जहां स्टार्ट अप लिए अनुकूल माहौल है उन्होने कहा कि भारत की स्टार्टअप कम्पनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करना शुरू कर दिया है उन्होने भावी समृद्धि के लिए पांच प्रमुख प्रवृत्तियों को उजागर किया ये हैं टेक्नालॉजी का प्रभाव ब्नियादी ढांचे का महत्व मानव संसाधन पर्यावरण की देखभाल और व्यापार अनुकूल शासन प्रधानमंत्री ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की भी जानकारी दी उन्होने कहा कि भारत दो हजार चौबीस तक रिफाइनरी पाईप लाइन गैस टर्मिनलों के क्षेत्रों में सौ अख डॉलर का निवेश करेगा ताकि ऊर्जा उत्पादन के लिए ढांचा कायम किया जा सके संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संस्था संघर्ष समाधान के लिए एक वांछित संस्थान के रूप में विकसित नहीं हो पाई है राष्ट्रों को इसके ढांचे में सुधार पर विचार करना चाहिए उन्होने कहा कि शक्तिशाली राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र को संस्थान के बजाय हथियार के रूप में अधिक देखा है

अरब न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि संघर्षों का समाधान करने के लिए सम्प्रभुता और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्वांतों का भी पालन किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इस क्षेत्र के देशों के साथ उत्क ष्ट ट्विपक्षीय संबंध हैं और बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं प्रधानमंत्री ने अरब न्यूज को यह भी बताया कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ऐसी वार्ता प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है जिसमें समी की भागीदारी हो श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसियों को तरजीह देना उनकी सरकार की विदेश नीति का दिशा निर्देशक सिद्वांत है और सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध अपने दूस्थ पड़ोसियों में सबसे महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में भारत और सऊदी अरब के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो संख्यण पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया है उन्होंने प्रदेशवासियों को गो सेवा और गो पालन के लिए प्रेरित किया कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गो वंश को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया है जिसका लाभ गो पालकों को लेने के लिए प्रेरित किया जाये मुख्यमंत्री श्री योगी ने गो संरक्षण केन्द्रो पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया उन्होंने गो संरक्षण केन्द्रों पर पशुओ के आहार एवं उन्हें हरा चारा दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इन संरक्षण केन्द्रों में निराश्रित पशुओं को आश्रय मिल रहा है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य सरकार हर तबके विशेषकर गरीबों किसानों और महिलाओं की उन्नति तथा सम्मान के लिये कृत संकल्पित है श्री मौर्य कल महोबा के जैतपुर इलाके में धौर्रा गांव में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के तत्वावधान में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये किसान सम्मान निवि योजना लागू की है जिसके तहत हर साल किसानों के खाते में छह हज़ार रूपये दिये जा रहे हैं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने नव निर्मित खेल परिसर का उद्घाटन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की मूर्ति का अनावरण और लगभग चालीस लाख रूपये से अधिक की लागत से बयालीस किलोमीटर लम्बी सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया

वह आगामी अट्ठारह नवम्बर को इस पद की शपथ लेंगे कानून मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में न्यायमूर्ति बोबड़े की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है श्री बोबड़े तेईस अप्रैल दो हजार इक्कीस तक देश के प्रधान न्यायाधीश रहेंगे न्यायमूर्ति बोबड़े प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का स्थान लेंगे जो सत्रह नवम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं गौरतलब है कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने परम्परा के अनुरूप पिछते हफ्ते ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में शीर्ष अदालत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोबड़े की नियुक्ति की सिफ़ारिश की थी पाकिस्तान सरकार गुरुनानक देव के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व समारोह के दौरान करतारपुर साहिब और अन्य गुरुद्वारों में आने के इच्छुक गैर भारतीय सिखों को पर्यटक वीज़ा जारी करेगी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए करतारपुर गलियारा समझौते के अंतर्गत भारत से एक दिन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है लेकिन वे ग़रुद्वारा बाबा ग़रुनानक में ही जा सकेंगे दूसरे देशों से आने वाले श्रद्वालुओं को वीजा लेना होगा और वह अन्य धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं समाचार एजेंसी पीटीआई ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान सरकार यूरोप कनाडा और अमरीका के सिख नागरिकों को गुरूद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने के लिये पर्यटक वीजा जारी करेगी अधिकारी ने बताया कि भारतीय तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में अन्य तीर्थस्थलों पर जाने के लिये वीज़ा लेना होगा भारत और पाकिस्तान ने चौबीस अक्टूबर को करतारपुर गलियारा समझौते पर हस्ताक्षर किये थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी नौ नवम्बर को भारतीय सीमा पर करतारपुर गलियारे का शुभारम्भ करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर है